भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून देश के मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है श्री नड्डा ने आज कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिये नहीं बल्कि लंबे समय से पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ना का शिकार रहे अल्पसंख्यक लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिये है

मोदी जी ने यही काम किया कि हिन्दू सिख ईसाई बौद्ध फारसी ये जितने लोग थे जो वहां से निकाले गये थे इनको यहां पर शरण देने का काम और शरण के साथ साथ उनको जीने का अधिकार मिले नागरिकता मिले इस बात का उनको अधिकार दिया गया प्रदेश में भी आज पटना सहित कई स्थानों पर नागरिकता संशोधन कानून को समर्थन में रैलियों का आयोजन किया गया औरंगाबाद के दाउदनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की ओर से आयोजित रैली में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया जमुई में भाजपा विधायक रविन्द्र यादव के नेतृत्व में आयोजित समर्थन मार्च में पार्टी के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से किसी भी धर्म या क्षेत्र के भारतीय नागरिक पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने इस अधिनियम को लेकर किए जा रहे द्वष्प्रचार से गूमराह नहीं होने की अपील की है साउंड बाईट सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए एक सक्षम कानून है यह मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि ये अल्पसंख्यक अपने धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण इन तीन देशों से भाग कर आये हैं यह अधिनियम किसी से नागरिकता नहीं छीनता है यह एक मिथक है कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों को अभी एकत्र करने की आवश्यकता है अन्यथा लोगों को निर्वासित कर दिया जाएगा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्रव्यापी एनआरसी की घोषणा नहीं की गई है जब भी घोषणा की जायेगी नियम और दिशानिर्देश इस तरह से तैयार किए जाएगे कि किसी भी भारतीय नागरिकता को किसी भी उत्पीड़न का सामना न करना पड़े सौभाग्य के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली इक्यासी सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा चुनाव के लिये मतगणना जारी है अब तक के रूझानों और परिणाम में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद के महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है घोषित परिणामों में महागठबंधन तेईस सीटें जीत च्रका है झारखंड मुक्ति मोर्चा ग्यारह कांग्रेस छह सीटों पर जीत हासिल कर च्रकी है वहीं भाजपा चौदह सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है सुदेश महतो के नेतृत्व वाली पार्टी आजसू और पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी के नेतृत्व वाली झारखंड विकास मोर्चा के खाते में दो दो सीटें आयी हैं सीपीआई माले को एक सीट पर जीत मिली है प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री रघुबर दास निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय से साढ़े चौदह हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हेंमत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन को जीत की बधाई दी है मूख्यमंत्री नीतीश क्रमार ने कहा है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य में अगले तीन वर्षो में चौबीस हजार पांच सौ करोड रुपए खर्च किए जाएंगे श्री कुमार आज शिवहर में जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में सभा को संबोधित कर रहे थे इससे पहले उन्होंने जिले में एक सौ सैंतीस करोड़ की लागत वाली एक सौ सड़सठ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने सीतामढ़ी के बनगांव रिथत बोधायन मंदिर पहुंचकर भगवान बोधायन की पूजा अर्चना भी की कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि खेती में रासायिक खाद के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिये राज्य और केन्द्र सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है पटना में जैविक खेती पर आयोजित कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में बक्सर से भागलपुर तक गंगा के दोनों किनारे पर जैविक कोरिडोर बनाया गया है उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले में जैविक ग्राम स्थापित कर जैविक खेती को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर रही है दिल्ली के किरारी इलाके में रविवार को एक घर में लगी भीषण आग में प्रदेश के नौ लोगों की मौत हो गयी हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मृतकों में दरभंगा के पांच और मधुबनी के चार लोग शामिल हैं हादसे को लेकर मृतकों के पैतृक गांवों में शोक का माहौल है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में पछ्आ हवा का प्रभाव कम होने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान एक से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़ा है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान दस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव चार और गया का न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहेगा जबकि दिन निकलने पर आसमान में बादल छाये रहेंगे पटना सिटी स्थित तख्त श्रीहरि मंदिर साहिब में दशमेश गूरू गूरू गोविंद सिंह जी महाराज के तीन सौ तिरपनवें प्रकाश पर्व की तैयारियां अंतिम चरण में है पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने आज तैयारियों की समीक्षा के क्रम में कंगन घाट में बन रहे टेंट सिटी का निरीक्षण किया बाद में समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकाश पर्व में शामिल होने वाले देश विदेश के सिख श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर सभी तैयारियां पच्चीस दिसम्बर तक पूरी कर लेने का निर्देश दिया पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता मुनिलाल का आज पटना में निधन हो गया वे इक्यासी वर्ष के थे उन्होंने तीन बार सासाराम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वे अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार में मंत्री भी रहे थे राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनके निधन पर गहरा दूःख व्यक्त किया है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी इधर राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता आरके सिन्हा ने उनके पटना स्थित आवास पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की खगड़िया में खेली जा रही राज्य स्तरीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में आज दूसरे दिन जीत के साथ पुरूष वर्ग में पटना ने कैमूर को हराकर क्वार्टर फाईनल में स्थान बनाया वहीं मुजफ्फरपुर ने भोजपुर और सारण की टीम ने लखीसराय और वैशाली ने भागलपुर को हराकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया महिला वर्ग में मेजबान खगड़िया आज दो मैच खेले टीम ने नालंदा और भागलपुर को पराजित कर क्वार्टर फाईनल में जगह बनायी वहीं पूर्णिया की टीम लखीसराय को हराकर क्वार्टर फाईनल में पहुंच गयी है शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के काशीबिगहा गांव में स्वतंत्रता सेनानी रामदेव सिंह का निधन हो गया वे इक्यानवे वर्ष के थे पश्चिम चंपारण जिले के मंझोलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अहबर शेख गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर शराब बनाने वाले ठिकाने का उद्भेदन किया मौके से टीम ने छह सौ लीटर शराब बनाने वाली सामग्री और स्प्रिट बरामद किया वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर पुलिस ने एक वाहन से साढ़े तीन सौ लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है